बैठक के दौरान राज्य में सड़क संपर्क को बेहतर करने के मुद्दे पर बातचीत की गई राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के विकास और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अरुणाचल प्रदेश में बेहतर सड़क संपर्क अतिआवश्यक है उन्होंने कहा कि राज्य में अच्छी सड़क सुनिश्चित करने की एकमात्र जिम्मेदारी बी आर ओ की है बी आर ओ के महा निदेशक ने राज्यपाल को प्रदेश में सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए उनकी संगठन से प्ररा योगदान देने का आश्वासन दिया श्री सिंह ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू से भी मुलाकात की और सीमा सड़क संगठन के अंदर राज्य में सड़कों के निर्माण कार्य की स्थिति की जानकारी दी श्री सिंह ने अपर सुबनसिरी जिले में भारत चीन सीमा के निकट अरुणक परियोजना की जिम्मेदारी के क्षेत्र में परिचालन रुप से महत्वपूर्ण सड़कों के कार्यों की प्रगति के बारे में बताया उन्होंने बताया कि सेला सुंग के निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजा आगामी जनवरी महीने में की जाएगी इस मार्ग के लिए निविदा जारी कर दी गई है और तवांग तथा वेस्ट कामेंग जिला प्रशासन ने संयुक्त रुप से सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री ने बी आर ओ द्वारा सांविधिक मंजूरी के लिए राज्य सरकार के सहयोग के आग्रह पर अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया नई दिल्ली में गत मंगलवार को आयोजित अखिल भारतीय पुलिस संपर्क मुख्यालय सम्मेलन दो हजार अटठारह के दौरान अरुणाचल प्रदेश पुलिस विभाग को पुलिस संपर्क प्रशिक्षण वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य पुरस्कार दिया गया पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय द्वारा राज्य पुलिस विभाग को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था गौरतलब है कि राज्य पुलिस विभाग ने पुलिस अधिकारियों को वायरलेस संपर्क में प्रशिक्षण देने के लिए पी टी सी बंदरदेवा में समर्पित संकेत प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है एक आधिकारिक विज्ञाप्ति में कहा गया है कि विभाग ने पूलिस कर्मियों के कौशल विकास तथा उन्हें और व्यवसायिक एवं प्रभावी बनाने के लिए उन पर निरंतर ध्यान केंद्रीत करना शुरु कर दिया है पर्यावरण एवं वन मंत्री नाबम रेबिया ने पापुम पोमा क्षेत्र के लोगों और पर्यटन विभाग से पापुम पोमा क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रुप विकसित करने की अपील की है ये बात श्री रेबिया ने कल पापुम पारे जिले के सांग्दुपोता अंचल के अंदर कानेबुंग गांव में आयोजित होने वाले पापुम पोमा रीवर फेस्टिवल दो हजार अटठारह के तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा दौरे के दौरान श्री रेबिया ने स्थानीय लोगों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों से फेस्टिवल को सफल बनाने के लिए मिलकर काम करने को कहा अपर सुबनसिरी जिले के तोपो हेचे लोद्र इंटेलेक्वूएल फॉरम ने द्रम्पोरिजों की एक मात्र उच्च माध्यमिक विद्यालय में अवैध रुप से भूमि अधिग्रहण पर रोष व्यक्त किया है फॉरम ने कहा कि इस मामले को जिला प्रशासन के समझ रखा गया था लेकिन अभी तक भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर राज्यवासियों खासतौर पर राज्य में रह रहे सिख लोगों को शुभकामनाए दी है

विरोधी गठबंधन दलों द्वारा सरकार गठन का दावा करने के बाद राज्यपाल ने यह कदम उठाया है बाद में राजभवन से जारी विज्ञप्ति में राज्यपाल ने विधानसभा तत्काल भंग करने के चार प्रमुख कारण बताए इनमें बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त रुपये का अवैध लेन देन और विरोधी राजनीतिक विचारधारा के दलों द्वारा स्थायी सरकार का गठन न कर पाना शामिल है राज्यपाल ने कहा कि विधानसभा इसलिए भंग की गई है ताकि राज्य को स्थिरता और सुरक्षा दी जा सके तथा उचित समय पर चुनाव कराए जा सके और स्पष्ट बहुमत की सरकार बन सके राज्यपाल शासन अगले महीने की अठारह तारीख को समाप्त होगा जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा राज्य में दो हजार चौदह के अंत में चुनाव हुए थे विधानसभा का कार्यकाल अक्टूबर दो हजार बीस तक था